प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के गुआड़ी मुसहरी गांव में सबसे अधिक तीन लोगों की मौत हुई वहीं पांच लोग घायल हो गये मूंगेर जिले में वज्रपात की चपेट में आने से दो यूवकों की मौत हो गयी जबकि तीन घायल हो गये बांका में दो और गया तथा नालंदा जिले में एक एक लोगों की मौत की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरी संवेदना जताते हुये आपदा प्रबंधन विभाग से मृतकों के निकटतम परिजनों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है विभाग ने अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है पटना छपरा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में आज जबकि पूर्णिया फरबिसगंज सुपौल और भागलपुर में कल बारिश हो सकती है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों प्री मॉनसून बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है अधिकतम तापमान में पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है गोपालगंज के एसएस बालिका उच्चतर विद्यालय से मैट्रिक की कॉपियों के गायब होने के मामले में एसआईटी बिहार सहित उत्तर प्रदेश स्थित कई कबाड़ दुकानों में लगातार छापेमारी कर रही है एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने बताया कि तीन टीमें कॉपियों की बरामदगी के लिए जुटी हुई है उन्होंने बताया कि जेल भेजे गये कबाड़ी दुकानदार पप्पू गुप्ता की दुकान के पिछले हिस्से से पांच बैग बरामद किये गये है उन्होंने बताया कि एक कबाड़ी की दुकान से वर्ष दो हजार चौदह की मैट्रिक परीक्षा की छह कॉपियां बरामद की गयी है इधर एसआईटी इस मामले में गिरफ्तार सभी चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार ने राज्य सहकारी बैंकों को नौ प्रतिशत की जगह सात प्रतिशत जिला सहकारी बैंकों को सवा सात प्रतिशत और पैक्स को आठ प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में राज्य सहकारी बैंक की आमसभा में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी बैंकों में सरकारी राशि जमा करने का भी रास्ता निकालेगी श्री मोदी ने कहा कि बंद पड़े व्यापार मंडलों की समीक्षा कर उन्हें पुनर्जीवित किया जायेगा उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्सों का चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटराईजेशन किया जायेगा राज्य सरकार खादी संस्थाओं को उत्पादन लागत का बीस प्रतिशत अनुदान के रूप में देगी उद्योग विभाग द्वारा नई खादी नीति में उत्पादक संस्थाओं को राहत देने के लिए यह फैसला किया गया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खादी को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पादन से जीविका समूह को भी जोड़ा जायेगा जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श के लिए पटना में पूर्वी भारत के राज्यों के दो दिवसीय सम्मेलन के आज अंतिम दिन राज्यों की सहमति से पटना घोषणा पत्र जारी होने की सम्भावना है बैठक में आज कृषि वन जल संसाधन आपदा प्रबंधन नगर विकास नगर परिवहन उद्योग ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनुकूल नीति निर्धारण पर विशेष रूप से चर्चा होगी रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के सोनपूल पर बालू माफिया ने औरंगाबाद के जिलाधिकारी के एस्कॉर्ट वाहन पर पथराव कर दिया जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ चल रहे छापेमारी के दौरान उनके वाहन पर पथराव किया गया रोहतास के डीएम पंकज दीक्षित ने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है भारत नेपाल सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से शुरू हो गयी है पहले चरण में पश्चिम चम्पारण जिले के गंडक बराज बॉर्डर पर उच्च क्षमता वाले दो सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं एसएसबी के अनुसार इन कैमरों के माध्यम से शराब हथियार और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने वन तस्करों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी प्रदेश के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में एक हजार छियासठ व्याख्याताओं की निय्रक्ति की जायेगी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी है बिहार फूटबॉल संघ राज्य में महिला फूटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फूटबॉल लीग का आयोजन करेगा यह लीग जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी संघ के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी प्रमंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी लीग में कुल तीस मैच होंगे एक टीम में अधिकतम बीस खिलाड़ी होंगी जिसमें पन्द्रह बिहार की और पांच दूसरे राज्यों को हो सकती हैं आपातकाल की बरसी पर आज भाजपा की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में काला दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है

समस्तीपुर जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इनामी अपराधी पप्पू चौधरी समेत आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र में पूलिस ने एक वाहन से लगभग पन्द्रह सौ बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है रोहतास जिले के परसतुआ बाजार में देर शाम अपराधियों ने एक व्यवसायी से छह लाख रूपये लूट लिये भाकपा माओवादी उत्तर बिहार सब जोनल कमिटी के कमांडर मिथिलेश राम ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया पटना जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से घघा रोड से पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को छब्बीस पुड़िया नशीले पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है वहीं जिले के नेउरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार महिलाओं को शराब के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है जलवायु परिवर्तन से बिहार ज्यादा प्रभावित दैनिक जागरण ने मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को प्रकाशित करते हुये लिखा है हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं मोदी प्रभात खबर की सुर्खी है मॉनसून सक्रिय सत्ताईस जून तक बिहार पहुंचने की सम्भावना दैनिक भास्कर की खबर है मुजफ्फरपुर में यौन शोषण में बाल संरक्षण अधिकारी गिरफ्तार राष्ट्रीय सहारा लिखता है मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकी मारे गये आज की खबर है मोदी फिर पहुंचे एम्स लिया वाजपेयी का हाल